उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हए कहा कि यह लोगों को स्रक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का श्भारंभ किया इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी श्री मोदी ने छह राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी श्रूआत की इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्वतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भ्रमि का मानचित्रण किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को स्चारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता स्निश्चित करने में मदद मिलेगी

समर्थन मूल्य पर गेहं खरीदी में होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में टॉप पर है

इस एमटीएच अस्पताल में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों की भी नियुक्ति कर दी गई है इसके अलावा प्रशासन ने ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं उनकी सतत निगरानी के लिए होटल प्रेसिडेंट और वाटर लिली गार्डन में कोविड केयर सेंटर श्रु किए हैं

नीमच जिले के मनासा में लागू कानून का उल्लंघन कर शादी करने वालो का पता लगा कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर एक आऱोपी को गिरफ्तार किया गया है शिवप्री जिले में जिला प्रशासन ने लोगों से कहा है कि भारत सरकार दवारा देश भर में नागरिकों को कॉल करके एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया जाने वाला है

आमजनों से कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी प्रदान करने में सहयोग अपेक्षित है

जबलप्र में म्फ्ती ए आजम मध्यप्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मावलम्बियों से कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से बचने रमजान के मुंबारक माह में सभी सावधानियाँ बरतने अपील की है